उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस प्रयोजन के लिए एक अभियान की तरह लागू किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा इंजीनियरिंग प्रबंधन जैसे सभी क्षेत्रों में सामग्री भारतीय भाषाओं में तैयार की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं का विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण है

प्रश्नकाल व अन्य शासकीय कार्यों के अलावा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य मंत्री भी अपने अपने विभागों से संबंधित दस्तावेजों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे मंत्रिमंडल इस बीच विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के पश्चात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी बैठक में मुख्यमंत्री के बजट भाषण को मंजूरी के अलावा राजस्व कानूनों में संभावित संशोधनों व अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की संभावना है सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए समर्पण भाव से कार्य कर रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सदन से लेकर सड़क तक तेज हुआ विधानसभा में उपजा गतिरोध दिव्य हिमाचल का शीर्षक है विधानसभा में गतिरोध बरकरार पंजाब केसरी लिखता है बजट सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा विपक्ष का वॉकआउट दैनिक भास्कर के शब्द हैं कुल्लू में यूथ कांग्रेस ने फूंका विधानसभा उपाध्यक्ष का पुतला पुलिस ने आग बुझाई तो दोनों में हुई हाथापाई हिमाचल दस्तक के अनुसार विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने उठाया व्यवस्था पर प्रश्न अजीत समाचार का कहना है विपक्ष ने नारे लगाते हुए किया सदन से वाकआउट आपका फैसला नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखता है घटनाकम के मास्टमाइंड जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है प्रदेश में अब उखड़ गई है कांग्रेस की जमीन हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कानून हाथ में लेकर बचने का रास्ता ढूंढ रहा विपक्ष पंजाब केसरी का शीर्षक है नेता प्रतिपक्ष को भाषा सुधारने की आवश्यकता डेमोकेसी हिमाचल लिखता है विपक्ष ने राज्यपाल के सम्मान को पहुंचाई ठेस नहीं किया जा सकता माफ दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार विधानसभा घटना पर मुख्यमंत्री के तेवर तल्ख ऊना के किसान का बेटा भारत के टॉप टेन अमीरों में शामिल संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है दिव्य हिमाचल की एक खबर है स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा कर्मियों की कमी पर स्टेटस रिपोर्ट तलब

नमस्कार